प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर भी यह उपलब्ध रहेगा

डिजीटल इंडिया अभियान से जुड़कर मारतीय डाक अब देशी विदेशी कूरियर कंपनियों को मात देने जा रही है

निजी कंपनियों के उपमोक्ताओं ने भी बड़ी संख्या में बीएसएनएल की सेवाओं को अपनाया है बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक ओ पी गुप्ता ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बीएसएनएल ने न केवल अपनी सेवाओं में सुधार किया है बल्कि अपनी सेवाओं का विस्तार भी किया है

राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान मदरसा बोर्ड की अध्यक्ष मेहरून्निसा तथा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अब् बकर चादर पेश करने दरगाह पहुंचे चादर चढाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का संदेश पढकर सुनाया मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी कल कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोचिन पायलट दरगाह में चादर पेश करेंगे उर्स का समापन कल कुल की रस्म के साथ होगा

बोर्ड ने सभी स्कूलों को हर रोज इस विषय का एक पीरियड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

इस मौके पर स्टेट प्रोग्राम समिति टी बी और जिला स्वास्थ्य सोसाइटी टी बी की ओर से आज जयपुर में लीडर्स फॉर टी बी फी वर्ल्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया इसमें प्रदेशभरसे आए टी बी विशेषज्ञों और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया

चित्तौडगढ़ में जागरूकता रैली निकाली गई

पर्यावरण संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर यह विश्व का सबसे बड़ा आन्दोलन है इसके तहत लोग एक घंटे के लिए बिजली का अनावश्यक उपयोग बंद कर देते हैं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दुनिया मर में एकता का प्रदर्शन करते हैं पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से कहा कि अपने रोजाना के जीवन में अच्छी हरित व्यवस्था का उपयोग करें

श्री गहलोत ने मीडिया से बातचीत में केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठाये उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का कार्यकाल पूरी तरह विफल रहा है

विश्वविद्यालय के कुलपति ललित के पवार ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि विश्विद्यालय द्वारा कौशल विकास की ट्रेनिंग देने वाले प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा उन्होंने बताया कि जल्द की सभी स्कूलों में कौशल मित्र और कॉलेजों में वरिष्ठ कौशल मित्र बनाये जायेंगे जो युवाओं को दिशा देने का काम करेंगे